कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज थानागाजी का दौरा करेंगे

गौरतलब है कि दौसा रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली जयपुर रेलवे मार्ग को जाम करने का प्रयास कर रहे आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच कल पथराव और झड़प हुई यह घटना तब हुई जब भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीना के समर्थक प्रदर्शन करते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और रेल लाइन को जाम करने का प्रयास किया

इस घटना के बाद जयपुर दिल्ली रेल मार्ग पर कुछ रेलगाड़ियों को आंशिक रूप से आसपास के स्टेशनों पर रोका गया इससे पहले भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीना राजेन्द्र राठौड़ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में अपने समर्थकों के साथ दौसा में रैली की और दुष्कर्म के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के रवैये की भी आलोचना करते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की राज्य सरकार ने थानागाजी द्वष्कर्म प्रकरण की जांच के लिए जयपुर के संभागीय आयुक्त के सी वर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया है श्री वर्मा ने बताया कि वे कल जांच और आमजन की सुनवाई के लिए उपखण्ड अधिकारी कार्यालय थानागाजी सर्किट हाउस अलवर में उपलब्ध रहेंगे

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि थानागाजी की घटना ने पूरे देश को विचलित किया है गहलोत सरकार को समर्थन देने के मुददे पर घेरते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती का अभी भी सरकार को समर्थन जारी है

उन्होंने बताया कि परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार जोरों पर है विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता देश के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिये रैलियां कर रहे हैं

दक्षिण पश्चिम वायू कमान मुख्यालय के वरिष्ठ वायू स्टाफ अफसर एयर मार्शल बीआर कृष्णा ने कल जोधपुर वायुसेना स्टेशन का दौरा किया वायुसेना स्टेशन जोधपुर के इंचार्ज एयर कमोडोर फिलिप थॉमस ने एयर मार्शल को स्टेशन के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी एयर मार्शल कृष्णा ने जोधपुर स्टेशन की युद्ध संबंधी सामरिक सम्पदा और इसकी तैयारियों का मुआयना किया

देश के पहले आर्मी इंटरनेशनल गेम्स का आयोजन जुलाई अगस्त में जैसलमेर में किया जाएगा इसके लिए विभिन्न देशों की चार दिवसीय बैठक कल से जैसलमेर में शुरू हुई जिसमें तैयारियों पर चर्चा की गई

भारत पहली बार इन खेलों की मेजबानी करेगा भारत की ओर से पांचवें आर्मी स्काउट मास्टर कंपीटीशन का आयोजन किया जा रहा है

रक्षा प्रवक्ता कर्नल सोम्बित घोष ने बताया कि इन खेलों का उद्देश्य विभिन्न देशों के जवानों के बीच मेलजोल बढाना है अजमेर में पीसांगन थाने में पुलिस हिरासत में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले की भाजपा ने उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करने की मांग की है पार्टी के देहात जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद सारस्वत ने ये मांग करते हुए कहा कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जल्द कार्रवाई की जाय श्रीगंगानगर जिले के रावला क्षेत्र में कल कृषि भूमि पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में हुए टकराव में तीन युवतियों सहित कई लोग घायल हो गये पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों के दस व्यक्तियों को शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया प्रदेश में गर्मी के मौसम में कई जगह पेयजल की समस्या पैदा हो गई है रोजाना जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं

प्रदेश में मौसम में बदलाव के चलते प्रदेशवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है